हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने राहत शिविरों में रह हरे प्रवासियों को मनो परामर्श सेवा दिलाने और उनकी समस्याओं का मानवीय तरीके से हल करने के निर्देश दिये है

संयुक्त महासचिव एंटोनियों गुतरेस ने कोरोना वायरस महामारी को दूसरे विश्व य्द्व के बाद द्निया के लिए सबसे बड़ा च्नौतीपूर्ण संकट बताया है

श्री ग्तरेस ने कहा कि यह महामारी एक मानवीय संकट है जो विश्व के बड़े देशों से तालमेल निर्णायक समावेशी और नई नीतिगत कार्रवाई की मांग करता है

पीएम केयरस फंडल में देश से दान दिया जा रहा है

हरियाणा की म्ख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने अधिकारियों को प्रदेश में बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे प्रवासियों को मनोपरामर्श सेवा दिलाने के निर्देश दिए है और इसके लिए मनोचिकित्सक की सेवा की संभावनाओं का भी पता लगाने को कहा है श्रीमती अरोड़ा आज चंडीगढ़ में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संकट तालमेल समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं मुख्य सचिव ने प्लिस अधिकारियों को विभिन्न राहत शिविरों में रहने वाले प्रवासी मजद्रों की चिंता या समस्याओं को मानवीय तरीके से हल करने के निर्देश भी दिए हैं इन राहत शिवरों में टीवी लगाने को भी कहा गया है म्ख्य सचिव ने कहा है कि यह भी स्निश्चित किया जाए कि इन शिविरों में समाजिक दूरी का पालन हो उन्होंने राहत शिविरों में रहे रहे प्रत्येक प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण उनके आधार नंबर पते और फोन नंबर जैसे पूरी जानकारी के साथ करने और पड़ोसी राज्यों से हरियाणा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पता रखने के निर्देश भी दिए म्ख्य सचिव ने प्रदेशभर के बैंक ख्ले रखने और इसके साथ ही एटीएम भी अधिकतम संख्या में ख्ले रखने को स्निश्चित करने को कहा उन्होंने कहा कि सभी उपाय्क्त यह स्निश्चित करें कि बैंकों और एटीएम में भीड़ न हो

अम्बाला प्लिस ने पड़ोसी राज्य पंजाब से आये प्रवासियों को विभिन्न राहत शिविरों में आश्रय दिया है

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और प्लिस विभाग लगागतार इनकी तलाश कर इन्हें अलग थलग कर निगरानी मे रख रहा है

अब तक ये सभी जमाती मस्जिदों मे रह रहे थे लेकिन अब इन्हें तीन वर्गो में बांट कर अलग थलग स्थान पर निगरानी में रखा गया है

श्री विज ने कहा कि प्लिस को जहां कही भी शेष बचे लोगों की संभावना है उनका पता लगाने को कहा गया है

फिलहाल किसी में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं मिले प्रशासन द्वारा इनके सम्पर्क में आये लोगों की सूची तैयार की जा रही है भिवानी के प्लिस अधीक्षक बलवान राणा ने बताया कि दो लोग पहले ही म्म्बई चले गये है हमारे संवाददाता ने बताया कि भिवानी पहंचे आठ लोगों को स्वास्थ्य विभग की टीम ने बाबा योगीनाथ अस्पताल लोहानी मे रखा है

इन सभी लोगों की पहचान कर विशेष रूप से अलग निगरानी में रखा गया है श्री नैने कहा कि बाहर से आये सभी लोगों को पता लगा लिया गया है

अंतिम तिथि के बारे सूचना बाद में दी जायेगी

श्री ग्प्ता ने पंचकूला के उपाय्क्त मुकेश क्मार आहजा को पंचकूला में दिल्ली तबलीगी जमाज से आये सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के आदेश दिये और कहा कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति स्वास्थ्य जांच से छूटना नहीं चाहिए देश में तालाबंदी के दौरान इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के पंचकूला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने अपनी परिचय बैठके ऑन लाइन माध्यम से करने का निर्णय लिया है